चेन्नई में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के समारोह में श्री नायडू ने कहा कि भारत को नवाचार संस्कृति और टेक्नॉलोजी से जुड़े उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे देश विश्व में उपलब्ध अवसरों का भागीदार बन सके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि वे मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण शीघ्र करा लें लोकतंत्र के चार अनुरोध नाम से लिखे ब्लॉग में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपना आवेदन ब्थ स्तर के अधिकारी या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एन वी एस पी डॉट आई एन के माध्यम से अथवा चुनाव कार्यालय में भी जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं उन्होंने लोगों से अपने परिवार मित्रों और सहयोगियों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का चुनाव उन लोगों के लिए विशेष है जो इक्कीसवीं सदी में पैदा हुए और वोट देने के योग्य बने हैं उन्होंने मतदान के योग्य सभी युवाओं से मतदाता पंजीकरण का अनुरोध किया है श्री मोदी ने कहा कि मतदान राष्ट्र के विकास में योगदान की इच्छा को प्रकट करता है इसके माध्यम से देश के लोग आपस में जुड़ते हैं और अपनी आकांक्षाएं पूरी करते हैं प्रधानमंत्री ने राजनीतिक कार्यकर्ता व्यापारी खिलाड़ी फिल्मकार मीडिया और सुबह सैर करने वाले लोगो से अनुरोध किया है कि वे मतदाताओं में जागरूकता पैदा करें अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले के लिए गठित तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति की आज पहली बैठक हो रही है पिछले सप्ताह प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले को मध्यस्थता पैनल को सौंपते हुए कहा था कि ये बैठक गोपनीय होनी चाहिए समिति में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू हैं केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दो हजार उन्नीस में लोकसभा के आम चुनाव के सिलसिले में जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा चौदह के अंतर्गत कानूनी अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दे दी है इसके तहत की गई व्यवस्था में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से कहा जाता है कि ये निर्वाचन आयोग की सिफारिश वाली तारीखों पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करें मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित कुछ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है

विभिन्न दल अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की घोषणा समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई समिति के अध्यक्ष और गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन भी शामिल हुईं पार्टी ने सामाजिक राजनीतिक और विदेश नीति पर मामलों को देखने के लिये विभिन्न समितियों का गठन किया है और विभिन्न मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करने के लिये लोगों से राय मांगी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विक्रम सहाय और प्रकाशन प्रभाग की महानिदेशक साधना राउत ने लंदन पुस्तक मेले में भारतीय मंडप का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है ये पुस्तक मेला लंदन ओलंपिया में कल शुरू हुआ और इस महीने की चौदह तारीख को समाप्त होगा भारतीय मंडप में महात्मा गांधी की एक सौ पचासीवीं जयंती पर विशेष ध्यान दिया गया है देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र में कल मध्य रात्रि बारातियों से भरी एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी इस दुर्घटना में बोलेरो में सवार आठ लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा तीन अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि खोराराम गांव से एक बारात सलेमपुर क्षेत्र के सोहनपुर गांव गयी थी बारात के लोग रात्रि में ही वाहन से वापस लौट रहे थे जब यह दुर्घटना हुयी घायलों को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा गया है उधर बलिया के नरही क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो लोगों की मृत्यु हो गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि मेड़वराकला निवासी दो लोग कल रात मोटरसाइकिल पर बैठकर गड़वार जा रहे थे तभी बलिया भरौली मार्ग पर बिलरिया गांव के पास सामने से आ रही कार ने इन्हें टक्कर मार दी कानपुर नगर जिले के घाटमपुर क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गयी है जबकि बारह से अधिक लोगों को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस सिलसिले में जिला आबकारी अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है गम्मीर रूप से बीमार लोगों को इलाज के लिये लखनऊ पीजीआई भेज दिया गया है जहरीली शराब काण्ड में शामिल आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दस फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिये जा चुके हैं